कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र अन्तर्गत हसौना चौक के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर एक कैश वैन से लगभग पचास लाख रूपये लूट लिये हमारे संवाददाता ने पूलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि सात की संख्या में आये अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया कैश वैन एक एटीएम में पैसे डालने के लिए आया हुआ था पुलिस पश्चिम बंगाल से लगी जिले की सीमाओं को सील कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है पूर्णियां में पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने उन्नीस लाख रूपये बरामद कर दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने बताया कि वर्चस्व की लड़ाई में घटना को अंजाम दिया गया था वहीं सहरसा जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने सात अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से चार देसी पिस्तौल चार कारतूस आठ हजार चार सौ रूपये तीन एटीएमकार्ड मोटरसाइकिल मोबाइल फोन और एक पुलिस आईडी कार्ड बरामद की गई है इधर समस्तीपुर जिले के हसनपुर में कुछ दिन पहले एक व्यवसायी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है दूसरी तरफ खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक सौ चौदह बोरा मक्का लूट की हुई घटना के मुख्य आरोपी बिजल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कर्मचारी चयन आयोग की वर्ष दो हजार सत्रह की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के आरोप में आज केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है ब्यूरो ने इस संबंध में दिल्ली और गाजियाबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी भी की भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनईएफटी को निःशुल्क करने का फैसला किया है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक समीक्षा समिति की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि इसके बारे में एक सप्ताह के भीतर आदेश जारी किये जायेंगे बयान के अनुसार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली को शुल्क मुक्त बनाने का फैसला किया गया है इसके बाद बैंकों को भी इस फैसले का लाभ अपने ग्राहकों को देना होगा फिलहाल आरबीआई आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली के जरिये हुये लेनदेन के लिए बैंकों से शुल्क लेता है जिसके बदले बैंक ग्राहकों से इसके लिए शुल्क वसूलते हैं उपमुख्यंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार का वित्तीय प्रबंधन देश में सबसे बेहतर है और यही कारण है कि देश के प्रमुख उद्योग संगठन सीआईआई ने प्रदेश को राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर रखा है उन्होंने कहा कि इस सूची में बिहार ने गुजरात महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे सम्पन्न राज्यों को पीछे छोड़ दिया है जनता दल यूनाईटेड ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें पार्टी के एनडीए से अलग होने की बात कही जा रही है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एनडीए से अलग होने की बातें पूरी तरह बेब्रनियाद हैं उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण पार्टी में असहजता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी एनडीए से अलग हो रही है मुजफ्फरपुर में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान इंसेफ्लाईटिस के पांच संदिग्ध बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गयी हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एस के एम सी एच में ग्यारह और केजरीवाल अस्पताल में पांच बच्चों का अभी इलाज चल रहा है अब तक इंसेफ्लाईटिस के संदिग्ध ग्यारह बच्चों की मौत हो चुकी है जिनमें से तीन बच्चों में रोग की पुष्टि हुई थी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में घरों की छत पर बागवानी के लिए सरकार अनुदान देगी उन्होंने बताया कि योजना के तहत तीन सौ वर्ग फीट के लिए लाभुकों को लागत मूल्य का पचास प्रतिशत या अधिकतम पच्चीस हजार रूपये दिये जायेंगे कृषि मंत्री ने कहा कि अभी ये योजना पटना मुजफ्फरपुर गया भागलपुर और नवादा जिले में लागू की जायेगी प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बने चक्रवाती दबाव क्षेत्र के कारण मध्य और दक्षिणी बिहार में तेज हवा चलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है कई जगहों पर आंशिक रूप से बादल भी छाये हुये हैं मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार सुपौल और अररिया जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है इस दौरान धूलभरी आंधी चलने की भी आशंका है आज चालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का डिहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा गया का अधिकतम तापमान उनतालीस दशमलव तीन पटना का सैंतीस दशमलव दो भागलपुर का सैंतीस दशमलव नौ और पूर्णियां का चौंतीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अपराधियों ने आठ लोगों की हत्या कर दी समस्तीपुर जिले अलग अलग थाना क्षेत्रों में अपराधियों ने तीन लोगों की हत्या कर दी मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के रुपौली गांव और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपूर गांव में लूट पाट के दौरान अपराधियों ने दो यूवकों की हत्या कर दी एक अन्य घटना में जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के तारा गांव में आपसी विवाद में एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई वहीं रोहतास में दो और पूर्वी चम्पारण तथा मध्रबनी में एक एक व्यक्ति की हत्या की खबर है दूसरी तरफ भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी जलाकर हत्या का मामला प्रकाश में आया है वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है

सूत्रों ने बताया कि सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक से तीन हजार नौ सौ बीस लीटर शराब जब्त की गयी है पुलिस ने इस मामले में छह तस्कारों को गिरफ्तार किया है इधर मधुबनी जिले के लखनौर थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान एक घर से अट्ठासी लीटर विदेशी शराब जब्त की गयी इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है दूसरी तरफ शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र से पुलिस ने तीन और अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है गर्मियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ भाड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे नें दिल्ली के आंनद विहार टर्मिनल से दरभंगा के बीच कल से विशेष रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया ये रेलगाड़ी कल से चौदह जून तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी आनंद विहार टर्मिनल से कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे प्रस्थान करके ये गाड़ी अगले दिन सुबह साढ़े नौ बजे दरभंगा पहुँचेगी वापसी में ये ट्रेन दरभंगा से दिन के बारह बजे खुलेगी और अगले दिन बारह बजकर चालीस मिनट पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी इस रेलगाड़ी में एक वातानुकूलित टू टीयर तीन वातानुकूलित थ्री टीयर बारह शयनयान श्रेणी तथा चार सामान्य श्रेणी के डिब्बों होंगे आनंद विहार दरभंगा विशेष रेलगाड़ी मुरादाबाद बरेली लखनऊ गोंडा बस्ती गोरखपुर देवरिया सदर सीवान छपरा हाजीपुर मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी बेगूसराय जिले के लाखो थाना क्षेत्र अन्तर्गत लाखो बांध के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से ई रिक्शा सवार दो लोगों की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य घायल हो गये वहीं कटिहार जिले के मनसाही थाना क्षेत्र अन्तर्गत कजरा राघोपुर के बीच सड़क द्र्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि बारह से अधिक लोग घायल हो गए हैं भोजपुर जिले के खबासपुर थाना क्षेत्र के मौजमपुर घाट पर गंगा नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से दो युवकों की मौत हो गयी कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के पिहर गांव में करंट लगने से एक ग्रामीण की मौत हो गयी